कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्वालु कोविड नियमों का पालन करते हुए पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है बीते दिनों हुए कृषि सूधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं बरसों से किसानों की जो माँग थी जिन मांगो को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था वो मांगे पूरी हुई हैं काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरुप दिया इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बन्धन समाप्त हवये हैं बल्कि उन्हें नये अधिकार भी मिले हैं नये अवसर भी मिले हैं इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है क्राइसिस में कल्वर बड़े काम आता है इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है टेक्नोलोजी के माध्यम से भी कल्वर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का दूर कर पाएंगे जहां एक और सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलोजी के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है वहीँ इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलोजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि अजंता की गुफाओं की विरासत और कला को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें डिजिटल रूप भी दिया जा रहा है इस डिजिटल रूप में महत्वपूर्ण दस्तावेज और उद्वरण भी होंगे उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शिलॉग में खिले हए चेरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों ने मेघालय की सुंदरता को और बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया था प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से भारत वापस आ रही है इस मूर्ति को वाराणसी के एक मंदिर से सौ साल पहले उन्नी सौ तेरह के आसपास चुराकर देश के बाहर भेज दिया गया था श्री मोदी ने इसे संभव बनाने के लिए कनाडा सरकार और अन्य सभी लोगों का आभार व्यक्त किया श्री मोदी कहा कि सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि इन धरोहरों को स्वदेश वापस लाया जाए प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित सांसद गौरव शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ग्रु नानक देव का पांच सौ इक्यावनां प्रकाश पर्व मनाएगा उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गुंजते हैं गुरुग्रन्थ साहिब में कहा गया है सेवक को सेवा बन आई यानी सेवक का काम सेवा करना है बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आये और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समूदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच दिसंबर को श्री अरबिंदो की पृण्यतिथि मनाई जाएगी उन्होंने युवाओं से इस महान व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी अपनाने के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों को पढ़ना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन चरण से बाहर निकलने के बाद कोविड नाइन्टीन के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहत घातक होगी श्री मोदी ने सभी को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्व देव दीपावली उत्सव में भाग लेंगे कोरोना महामारी के प्रकोप और लगभग नौ महीने के अंतराल के बाद काशी की यह उनकी पहली यात्रा है अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की देव दीपावली उत्सव वाराणसी की सांसकृतिक विरासत का हिस्सा है और इस दिन शाम को गंगा के घाट लाखों दियों की रौशनी से जगम हो रहते हैं

विभिन्न सांस्कृतिक समारोह भी उस समय घाटों पर आयोजित होंगे और प्रघानमंत्री यहां पर एक छोटी जनसभा को भी संबोधित करेंगे अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री निमणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के मंदिर जाएंगे वह सारनाथ के पुराताविक स्थल पर लाइट एन्ड साउंड शो भी देखेंगे जिसका उद्घाटन उन्होंने ही इसी महीने की शुरुआत में किया था

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दो सौ चार करोड़ रूपये से छप्पन जिलों में बनने वाले सात सौ अड़तालिस मार्गो और पंचायती राज विभाग की छ सौ सैंतालिस करोड़ रूपये लागत से बनने वाली एक हजार आठ सौ पच्चीस सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्यना पंचायतों की आत्मनिर्भरता से साकार होगी मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलंबी बनने पर बल देते हुए कहा कि इन संस्थाओं को अपनी आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में लोग पवित्र नदियों और सरोवरो में कोविड नियमों के पालन के साथ स्नान कर के पूजा पाठ और दान पृण्य कर रहे हैं अयोध्या में भी कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में पवित्र स्नान शुरू हो गया है हमारे प्रतिनिधि ने बतायाः आज अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले के मुख्य स्नान में बीती मध्य रात्रि से ही श्रद्धालु पावन सलिला सरयू में ढुबकी लगाकर डेद किलोमीटर लम्बे तट पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण कर रहे हैं और अनुष्ठान पूर्ण करने वाले श्रद्धालु नागेश्वर नाथ कनक भवन हनुमान गढीराम जन्म भूमि और श्री राम बल्लमा कुञ्ज सहित प्रमुख मंदिरों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं इस बीच कल्पवासी भी कल्पवास और उपवास का उद्यापन आंवले के वृक्ष के नीचे प्रजन अर्चन से कर रहे हैं राजेद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या आज ही सिखों के पहले गुरू और सिख पंथ के संस्थापक गुरू नानक देव जी की पांच सौ इक्यावनवीं जयन्ती प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्वा उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है प्रदेश भर के गुरूद्वारों में आज सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड है